ढ़ाई लाख से ज्यादा शिक्षकों को होगा फायदा

अब इसे हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जिसके बाद यह कानून बन जाएग बिल का विरोध करते हुए एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यू और एआईएडीएमके ने सदन से वाकऑउट किया

गौरतलब है कि इस विधेयक में तीन तलाक को अमान्य और अवैध घोषित करने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है इसमें तीन तलाक की शिकार महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है उच्चतम न्यायालय के तीन तलाक पर फैसले के बाद दो वर्ष में यह बिल लोकसभा से तीन बार पारित हुआ लेकिन दो बार राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण अटक गया था अध्यापक आदेश राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिये हैं

अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद शासकीय सेवकों की तरह वेतन भत्ते एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी

अध्यापकों को नियत वेतन पर शासन द्वारा समय समय पर शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा

गौ शाला लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि वचन पत्र के मुताबिक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में गौ शाला बनाई जाएगी श्री वर्मा कल देवास जिले के किशनपुरा गांव में गौ शाला के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिये राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी

इस दौरान यूनिसेफ न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल क्लिटन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के सहयोग से सप्ताह भर जिला और आँगनवाड़ी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सभी जिला मुख्यालयों पर मीडियाकर्मियों के लिए कार्यशाला निजी अस्पतालों के डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ को आधे दिन का ओरिएंटेशन एनसीसी एवं एनएसएस की छात्राओं का प्रशिक्षण एवं मेटरनिटी होम्स में भ्रमण जैसी गतिविधियाँ होंगी आँगनवाड़ी स्तर पर रैली दीवार लेखन स्व सहायता समूहों से चर्चा संरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान के दौरान आने वाली समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा होगी बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आगामी गुरूवार को नगरपालिका के नवीन सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है इसकी अध्यक्षता कलेक्टर तेजस्वी नायक करेंगे

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इन स्मारकों पर और अधिक संख्या में पर्यटक आ सकेंगे और अतुल्य भारत के विभिन्न पहलूओं को समझ सकेंगे गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय ने कल इसकी घोषणा की थी इन स्मारकों में मध्यप्रदेश के छतरपूर जिले का दुल्हादेव मंदिर भी शामिल है इसके अलावा दिल्ली में सफदरजंग और हमांयू मकबरा कर्नाटक में स्मॉरक समूह और गोल गुम्बद ओडिसा में राजारानी मंदिर परिसर आम जनता के लिए सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक नाम्बी राजन ने बताया कि इन सभी दस स्मारकों पर शाम के समय रोशनी की जायेगी और आशा है कि इससे और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे

इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है भोपाल के अलावा भी राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं

जिला कलेक्टर तनवी सुंदरीयाल ने मैदानी अमले को प्रभावित परिवारों का सर्वे करने के निर्देश दिये हैं

श्योपुर जिले में पिछले पांच दिन से हो रही भारी बरसात से नैरोगेज रेलखंड के कालिया नदी पुल के कमजोर होने से रेलमार्ग कल पांचवें दिन भी ठप रहा श्योपुर जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन किले की दीवार भी कल भारी बारिश के चलते ढह गई शिवपूरी के मानपुर में एक मकान पर बिजली गिरने से दो बहनें घायल हो गयीं वहीं रायसेन जिले के बरेली में कल रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सीहोर में जारी भारी बारिश लोगों के लिये परेशानी का सबब बनी हुई है यहां शहर में निचले इलाकों में बनी कई दुकानों में पानी भर गया है

श्री सिद्दार्थ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएन कृष्णा के दामाद भी हैं

खबर है कि वे कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं